आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस खेतों की मिट्टी की जांच से उन्नत हो रहे देष के किसान

सुरक्षाबलों ने पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आज हई मुठभेड में तीन आतंकवादियों को मार गिराया है फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है मारे गर्य आतंकवादियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है केंद्र सरकार ने इराक की यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक अब इराक के पांच प्रांतों नीनवे सलाउद्दीन दीयाला अनबर और किरक्क को छोड़कर वहां के अन्य स्थानों की यात्रा पर जा सकते हैं रोजगार के लिए वर्क परमिट और उपयुक्त वीजा वाले भारतीय नागरिक इराक में सुरक्षित क्षेत्रों में अपनी नौकरी पर लौट सकते हैं वे इराक यात्रा से पहले बगदाद में भारत के दृतावास को या इरबिल में भारत के महावाणिज्य द्रतावास को सूचित कर सकते हैं

कल उन्होंने उद्योग और अन्य संगठनों के साथ बातचीत में संक्रमण के फैलाव से भारत के व्यापार पर आशंका का आकलन किया था बैठक के बाद वित्त मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि फार्मास्युटिकल रसायन कपड़ा वाहन पेन्ट और दूर संचार क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान रसायन औषधि और सौर उपकरण निर्माताओं ने चीन से कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा के बारे में खुलकर अपनी बात सामने रखी उद्योग संगठनों के साथ हुई बैठक में सीमा शुल्क सहित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न सेक्टर तथा भारतीय उद्योग संघ सीआईआई भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल फिक्की और एसोचौम के प्रतिनिधि शामिल हुए

अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की भारत यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत श्री ट्रम्प के अविस्मरणीय भव्य स्वागत के लिए तैयार है प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि इस यात्रा से भारत और अमरीका के संबंध और मजबूत होंगे उन्होंने कहा कि दोनों देशों की लोकतंत्र और बहलतावाद के प्रति साझा प्रतिबद्धताएं हैं भारत और अमरीका व्यापक मुद्दों पर एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका के मजबूत संबंधों से न केवल दोनो देशों के लोगों को बल्कि पूरे विश्व को लाभ होगा अपनी यात्रा के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प नई दिल्ली और अहमदाबाद में आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे

जेपीएससी कार्यालय में दो चरणों में साक्षात्कार होगा पहला चरण चौबीस से अठाइस फरवरी तक और दूसरा दो से छह मार्च तक चलेगा प्रमाणपत्रों की जांच तथा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी अपना कॉल लेटर आयोग की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन तथा जन्मतिथि डालकर अपलोड कर सकते हैं आयोग ने शनिवार को मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में तेइस फरवरी को देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे ये मासिक कार्यक्रम की बासठवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किये हैं लोग अपने सुझाव एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर रिकार्ड करवा सकते हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम या माई गॉम पर भी संदेश भेज सकते हैं

चतरा जिले में तीन दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इटखोरी के महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इटखोरी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है महोत्सव के पहले दिन आज कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा उपायुक्त ने यह भी बताया कि मां भद्रकाली मंदिर तीन धर्मो की संगम स्थली है और महोत्सव के मौके पर सनातन धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध लोग भी उपस्थित रहेंगे स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब कोडरमा जिले में आरसीसी छत वाले शौचालय बनाए जाएंगे अभियान के तहत जहां छूटे हुए लाभुकों के घरों में शौचालय बनाए जाएंगे वहीं नए लाभुकों का चयन किया गया है जिनके घरों में शौचालय बनाया जाना है कोडरमा प्रखंड में एक हजार तीन सौ अंठानबे पुराने लाभुक और दो हजार दो सौ अंठानबे नए लाभुक का चयन किया गया है आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नीस फरवरी दो हजार पंद्रह को राजस्थान के सुरतगढ में मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरूआत की थी इसका उद्देश्य किसानों को हर दो साल बाद मुदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है ताकि उन्हें अपनी जमीन में पोषक तत्वों की कमी का पता चल सके आकाशवाणी से बातचीत में कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा है कि मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना सरकार की अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है देश में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की योजना भी शुरू की गई है इधर दिल्ली में कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित मृदा स्वास्थ्य दिवस पर होने वाले सेमिनार में राज्य के तीन मिट्टी के डॉक्टर झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे इसमें पंचमी देवी पार्वती देवी और रोहित शाही मुंडा शामिल हैं

यह दूर्नामेंट दो से इक्कीस नवम्बर तक देश के पांच शहरों अहमदाबाद भुवनेश्वर गुवाहाटी कोलकाता और नवी मुंबई में आयोजित होगा

खेल मंत्री ने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए पूरे देश से सहयोग की अपील की

दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप की ग्रीको रोमन स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है इस चैंपियनशिप के पहले दिन कल सतासी किलोग्राम वजन वर्ग में सुनील ने फाइनल में किर्गिस्तान के अजत सालिदिनोव को पराजित किया पचपन किलोग्राम वजन वर्ग में कांस्य पदक के मुकाबले में अर्जुन हालाकुर्कि ने कोरिया के डोगह्येओक वोन को पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया